और मौसम विभाग ने हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में हल्के से मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया है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

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने निजी क्षेत्र से भारत की विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती आवश्यकताओं आकाक्षाओं और मांग में सहभागी बनने का आह्वान किया है आज बेंगलुरु में औद्योगिक जगत के प्रमुखों के साथ बातचीत में उन्होंने यह बात कही वित्त मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा हाल में पेश किया गया बजट निजी क्षेत्र के लिए विकास को बढ़ाने में मददगार साबित होगा उन्होंने कहा कि बजट ने कई दशकों की रूपरेखा तैयार कर दी है उन्होंने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए ऋण के जरिए धन जुटा कर प्रोत्साहन पैकेज की जो घोषणा की गई है उसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्र को मजबूत करना है ताकि अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आए जिससे अन्य क्षेत्रों पर भी अनुकूल असर पड़े

उन्होंने कहा कि इससे सारे विश्व में यह संदेश गया है कि भारत का दृष्टिकोण मानवता पर आधारित है और वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के रास्ते पर चलते हुए विश्व की प्रगति के साथ साथ हर एक व्यक्ति की खुशहाली चाहता है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है और वे विभिन्न अवसरों पर की गयी घोषणाओं की नियमित समीक्षा कर रहे हैं

इस अवसर पर उन्होंने शहरी क्षेत्रों में भी जल जीवन मिशन की शुरूआत करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं आज महिलाओं को पैतृक सम्पति में अधिकार दिलाने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य बन गया है उन्होंने बताया कि प्रदेश में संस्थागत सुधार की दिशा में भी सरकार काम कर रही है

जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनका डीएनए संरक्षित किया गया है तपोवन टनल से पानी का रिसाव लगातार जारी है जिससे मलबा साफ करने में परेशानियां बढ़ गई हैं पानी का डिस्चार्ज ज्यादा होने के कारण टनल में तीन वॉटर पंप लगा दिए गए हैं

जिलाधिकारी ने बताया कि एक्सक्वेटर मशीन की भी मदद ली जाएगी उधर रैणी क्षेत्र में बनी झील की निगरानी के लिए एसडीआरएफ ने क्विक डिप्लॉयेबल एंटेना सिस्टम लगाया है इस टेक्नोलॉजी के जरिए सैटेलाइट से सम्पर्क स्थापित कर लाइव ऑडियो ओर वीडियो कॉल की सुविधा मिलती है इससे आपदाग्रस्त क्षेत्र की स्थिति और नुकसान की जानकारी तत्काल मिल सकेगी जिसके आधार पर बचाव की योजना बनाई जा सकती है क्यू डी ए सिस्टम को रैणी गांव से ऊपर जलभराव वाले क्षेत्र में हवाईमार्ग से सुरक्षित भेजा गया था

राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी बैठक में शामिल रहे बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा महासचिव अरूण सिंह ने बताया कि प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक के उदघाटन सत्र को संबोधित किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जहां धुएं से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी वहीं लोगों की यात्रा भी सुलभ होगी इन इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने के लिए सामान्य लोगों के साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी खास सुविधा उपलब्ध करायी गयी है इसके साथ ही इन इलेक्ट्रिक बसों में खास सुविधाओं और सुरक्षा के भी व्यापक इन्तजाम किये गये है

इस अवसर पर सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह मेयर सुनील उनियाल गामा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे मौसम राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा परेशान कर सकता है राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों में विशेषकर हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में आज हल्के से मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया है कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है संजीवनी फेस्ट उत्तराखण्ड सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स वाइफ्स एसोशिएशन संस्था की ओर से देहरादून में आयोजित दो दिवसीय संजीवनी फेस्ट में आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रतिभाग किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया और कहा कि इस तरह के आयोजनों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और हमारे उत्पादों को राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिलेगी जंगल की आग बागेश्वर जिले में आज जिला मुख्यालय सहित कपकोट और कांडा विकासखण्ड में कई जगहों पर जंगलों में आग लगी हुई है और आसमान में धुंध छायी है आग लगने की इस घटना के बाद से ही जंगली जानवर लगातार बस्तियों की ओर रूख कर रहे हैं वहीं बहुमूल्य वन संपदा का भी नुकसान हुआ है

जिसके लिए दो सेशन साइट समुदायिक स्वास्थ केंद्र बैजनाथ एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौसानी बनाये गयें है जिसमे प्रथम चरण में हेल्थ वर्करो व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियो का टीकाकरण किया गया

कल शाम जारी सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी है हिमोफिलिया फैक्टर बागेश्वर जिले के जिलाधिकारी विनीत कुमार ने हिमोफिलिया के मरीजो को फैक्टर उपलब्ध न होने के मामले का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ विभाग को तत्काल हिमोफिलिया फैक्टर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है

मातृभाषा दिवस आज अन्तरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है